प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों मंदिरों और प्रजा पंडालों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़

शारदीय नवरात्र के आठवें दिन आज पूरे प्रदेश में भक्तिभाव से देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि मंदिरों और शक्तिपीठों में महाअष्टमी के मौके पर पूजा अर्चना के लिये सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है सहरसा के उग्रतारा स्थान दरभंगा के श्यामा मंदिर और मुंगेर के चंडिकास्थान सहित अन्य शक्तिपीठों में भक्तों का तांता लगा हुआ है राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहा बेली रोड बंगाली अखाड़ा पटना सिटी और राजाबाजार समेत अन्य जगहों पर बने पूजा पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है

मुजफ्फरपुर जिले के कांटी स्थित माता मंदिर और कटरा के चामुंडा माँ दुर्गा स्थान पर हजारों की संख्या में श्रद्धालू माता का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं देवी दर्शन के लिए उमड़ रही भीड़ को देखते हुए प्रदेशभर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं प्रमुख चौक चौराहों पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है पंडालों के आस पास महिला प्रलिस बलों को तैनात किया गया है संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी की जा रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडु और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाअष्टमी के अवसर पर लोगों को बधाई दी है श्री कोविंद ने कहा कि दुर्गा पूजा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और यह त्यौहार इस विश्वास को मजबूत बनाता है कि सत्य और न्याय की जीत होती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कामना की है कि देवी दुर्गा लोगों के जीवन में प्रसन्नता सौभाग्य और समृद्धि लाए राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने महाअष्टमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को दुर्गा पूजा की बधाई दी है राज्यपाल ने कहा है कि विजयादशमी असत्य पर सत्य अन्याय पर न्याय अहंकार पर विनम्रता विद्वेष पर बंधुत्व और अनाचार पर सदाचार की विजय का प्रतीक पर्व है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाअष्टमी के मौके पर राजधानी पटना के अगमकुआं स्थित शीतला माता मंदिर जाकर मॉ शीतला देवी पटना सिटी स्थित बड़ी पटनदेवी मंदिर और छोटी पटनदेवी मंदिर में पूजा अर्चना की इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य की सुख समृद्धि शांति और प्रगति की कामना भी की पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव भी उनके साथ मौजूद थे गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव जी रमेश कुमार के नेतृत्व में छह सदस्यीय केंद्रीय टीम ने आज भागलपुर और खगड़िया जिलों के जलग्रहण वाले क्षेत्रों का दौरा किया बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के बाद दल केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रदेश के बाढ़ प्रभावित खगड़िया कटिहार पूर्णियां और बेगूसराय जिले का हवाई सर्वे किया मुख्यमंत्री ने पूर्णियां के चूनापुर हवाई अड्डे पर कटिहार और पूर्णियां के जिलाधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की श्री कुमार ने उन्हें प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से राहत और बचाव कार्य चलाने का निर्देश दिया इधर केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा सोन पुनपुन बागमती बूढ़ी गंडक कमला बलान कोसी और महानंदा नदी के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है लेकिन कई स्थानों पर ये नदियाँ अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं बाढ़ प्रभावित जिले के लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्गों तटबंधों और सरकारी स्कूलों में शरण ली है मुंगेर में गंगा नदी के जल स्तर में कमी को देखते हुए जिलाधिकारी राजेश मीणा ने जिले में चल रहे छब्बीस राहत शिविरों को क्रमबद्ध तरीके से बन्द करने की घोषणा की है उन्होंने बताया कि बाढ़ और जलजमाव से घिरे लोगों के बीच राहत पहुंचाने की कार्रवाई जारी रहेगी वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर पुरूषोत्तम कुमार ने बताया कि बाढ़ प्रभावित गांवों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव तेज कर दिया गया है राज्य में बाढ़ से पन्द्रह जिलों के पचानवे प्रखंडों के चौदह सौ से अधिक गांवों की लगभग इक्कीस लाख आबादी प्रभावित हुई है आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि वर्तमान में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए पचहत्तर राहत शिविर और पांच सौ पन्द्रह सामुदायिक रसोई का संचालन किया जा रहा है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तेईस टीमों को लगाया गया है पूरे प्रदेश में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक संतानवे लोगों की मौत हो चुकी है पुनपुन नदी के जलस्तर में वृद्धि से पटना सदर पुनपुन धनरूआ पालीगंज संपतचक नौबतपुर और फुलवारीशरीफ प्रखंड के तिरपन गांव की लगभग सत्तासी हजार जनसंख्या प्रभावित हुई है विभाग ने बताया है कि पटना शहर के अधिकांश क्षेत्रों में जल निकासी की जा चुकी है शेष क्षेत्रों में जमे पानी को लगातार निकाला जा रहा है राजधानी पटना सहित राज्य के बाढ़ ग्रस्त इलाकों में जलजमाव के कारण रोगों का प्रकोप बढ़ गया है प्रदेश में अब तक डेंगू के एक हजार से अधिक मरीजों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया है कि पटना में सबसे अधिक डेंगू के छह सौ चालीस मामले सामने आये हैं उन्होंने बताया कि पटना के जल जमाव वाले इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की चौबीस टीमें दवा का छिड़काव कर रही हैं केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज पटना के जल जमाव वाले विभिन्न इलाकों का दौरा कर राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया प्रनप्रन नदी में बाढ़ का पानी कम होने के कारण पटना गया रेलखण्ड के अप और डाउन दोनों ही लाइनों पर पिछले तीन दिनों से बाधित रेल सेवा को पुनः चालू कर दिया गया है पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि बख्तियारपुर राजगीर रेलखंड पर भी ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है छठ और दिवाली के मौके पर नई दिल्ली से राज्य के दरभंगा मुजफ्फरपुर सहरसा पटना पूर्णिया बरौनी भागलपुर और कटिहार के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं आनंद विहार टर्मिनल से भागलपूर के बीच विशेष ट्रेन का परिचालन चौबीस अक्तूबर से इकतीस अक्तूबर के बीच हर गुरुवार को किया जाएगा नई दिल्ली से पटना के लिए विशेष ट्रेन का परिचालन पच्चीस अक्तूबर से दो नवम्बर के बीच विभिन्न तिथियों में किया जाएगा वहीं नई दिल्ली से दरभंगा के बीच विशेष ट्रेन का परिचालन सात अक्टूबर से चार नवंबर के बीच किया जाएगा इधर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के तहत कटिहार से हावड़ा के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन दस अक्टूबर से आठ नवंबर के बीच किया जाएगा वहीं आनंद विहार टर्मिनल से जोगबनी के बीच पांच नवम्बर तक विशेष ट्रेन चलायी जाएगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोबारा जदयु का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है श्री कुमार के निर्वाचन की घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी अनिल हेगड़े ने आज की है उनका अगला कार्यकाल तीन साल के लिए होगा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर ने ध्वनि और वायु प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के स्थान पर कुछ नए पटाखें विकसित किए हैं इनसे पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि परिषद की ओर से विकसित अनार पेंसिल और चक्करी जैसे अधिक मांग वाले ये पटाखे बाजार में उपलब्ध करा दिए गए हैं

प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों मंदिरों और प्रजा पंडालों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़